् केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने एक साथ तीन तलाक को अपराध बनाने संबंधी अध्यादेश फिर से लागू करने को मंजूरी दी

्र राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आठ नई श्रेणियों के लाभार्थियों को जोडा गया

वित्त मंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की कल नई दिल्ली में हई बैठक में छोटे व्यापारियों को राहत देते हुए वस्तु और सेवाकर में छूट की सीमा दोग्नी कर दी गई है

परिषद ने जीएसटी कंपोजिशन योजना के तहत डेढ करोड रूपये तक के कारोबार करने वाले व्यवसायियों को लाने का निर्णय किया है ये निर्णय एक अप्रैल से लागू होगा

मंत्रिमंडल की कल हई बैठक में अध्यादेश में तीन तलाक देने को निष्प्रभावी और गैरकानूनी बनाया गया है इसके लिर्य तीन साल कैद की सजा का प्रावधान किया गया है इसके अलावा मंत्रिमंडल ने अन्य अध्यादेशों और कृछसमझौता ज्ञापनों को भी मंजूरी दी

यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कोंफ्रेंसिंग के जरिये तमिलनाड् के भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए कही उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन सरकार चलाकर एक नई संस्कृति की राह दिखाई थी उन्होंने कहा कि भाजपा वाजपेयी जी के बताये मार्ग का अनुसरण करेगी ताकि केंद्र और सभी राज्य समूचे राष्ट्रो के विकास के लिए एकजुट होकर कार्य कर सकें

संसद मे ये विधेयक कल पारित हो गया

कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आश्वासन दिया कि इससे मौजूदा आरक्षण में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा उन्होंने कहा कि इस विधेयक के तहत राज्यों को लाभार्थियों के लिए आय के मानदंडों के बारे में फैसला करने की छूट होगी

गौरतलब है कि तीनों राज्यों में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को सत्ता खोनी पडी थी

मंगलवार को उच्चंतम न्यायालय ने निदेशक पद पर उनकी बहाली कर दी थी कल उन्हें दमकल सेवाओं सिविल डिफेंस और होमगार्ड्स का महानिदेशक बना दिया गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई चयन समिति की बैठक में कल शाम यह निर्णय लिया गया सी बी आई प्रमुख की नियुक्ति इसी समिति द्वारा की जाती है मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने कहा है कि एम नागेश्वर राव सी बी आई के निदेशक के पद का कार्यभार देखेंगे वे अब तक सी बी आई के अपर महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे

बाद में श्री वर्मा ने इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जिसने सरकार के आदेश को रद्द करते हुए उन्हें सी बी आई निदेशक के पद पर बहाल कर दिया था

इस परियोजना में राज्य के अलावा उत्तरप्रदेश हरियाणा हिमाचलप्रदेश दिल्ली और उत्तराखण्ड शामिल है इस परियोजना का उददेश्य इन राज्यों की पेयजल आवश्यकता पूरी करना है जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गणकरी की उपस्थिति में नई दिल्ली में इस समझौते पर हस्ताक्षर किये जायेंगे इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थिति रहेंगे

श्री प्रसाद कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र एनआईसी के केन्द्रीकृत कमान और नियंत्रण केन्द्र के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे

यह संगोष्ठी जयपुर के विद्याधर नगर स्थित पत्र सुचना कार्यालय के मीडिया सेंटर में आयोजित होगी इसमें एफटीआईआई और एसआरएफटीआई में शिक्षा तथा संयुक्त प्रवेश परीक्षा के बारे में विद्यार्थियों को संस्थान की फैक्ल्टी द्वारा जानकारी दी जाएगी

इसमें कई ख्यातनाम साहित्यकार भाग लेगें शब्दों के इस महाकृभ में देश दुनिया के लेखक और साहित्यकार विभिन्न विषयों पर संवाद करेंगे मुख्य सचिव डीबी ग्प्ता की अध्यक्षता में सचिवालय में हई अहम बैठक में आयोजन को हरी झंडी दी गई आयोजन में भाग लेने की सहमति देकर विदेशी लेखकों और साहित्यकारों ने अमेरिकी एडवाजरी को खारिज कर दिया अमेरिका ने स्वाइन फ्लू के कारण विदेशी नागरिकों को राजस्थान का दौरा नहीं करने की सलाह दी थी

ट्रांसजेंडर को स्वघोषणा पत्र के आधार पर खाद्य सुरक्षा मिलेगी

चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने काढ़ा पिलाकर इसका शुभारम्भ किया श्री शर्मो ने मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए शिविर लगाने की पहल की सराहना की और सचिवालय के बाहर भी सार्वजनिक स्थानों पर अधिक से अधिक लोगों को काढ़ा पिलाने के निर्देश दिए

वन कर्मियों ने शव को अपने कब्जे में लेकर बलवना वन चौकी पर रखवाया है